राज्य के कुछ स्थानों पर कल रात से हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गये हैं

इस कारण जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है कुछ जगह पुलिया पर भी पानी की चादर चल चुकी है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है

बांसवाड़ा शहर में भी बाजारों में पानी भरा हुआ है

इसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किय गया है प्रशासन इन क्षेत्रो में हालात पर नजर रखे हुए हैं

टोंक सहित जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हई है इस बीच बीसलपुर बांध में लगातार पानी आ रहा है

झालावाड जिले में हल्की बारिश हई है लेकिन आस पास के क्षेत्रों में बारिश के असर से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं कालीसिंध बांध और भीमसागर बांध के गेट खोलकर आज भी अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है

इस कारण निचले इलाको में अलर्ट जारी किया गया है कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ही धौलपुर में भी चंबल नदी में जलस्तर बढ़ रहा है जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए चंबल के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है जिले में आज सुबह से ही रुक रुक कर कई बार तेज बारिश हई है

इस पोर्टल के माध्यम से आमजन को व्यापक रूप से सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाये उपलब्ध होंगी

धीरे धीरे अन्य विमागों की योजनाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री संचिन पायलट संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में समन्वयक रेनाटा लोक डेशालेन पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यूल सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय और निखिल डे सहित सूचना के अधिकार के विॅशेषज्ञ मौजूद रहे

मेघराज सिंह रतन् को जोधपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त बनाया गया है जबकि त्रिभुवनपति को नगरिय विकास और आवासन विभाग में संयुक्त शासन सचिव लगाया गया है

जनजाति विभाग द्वारा प्रवेश के पश्चात शुल्क प्रनर्भरण करया जायेगा

उन्होंने बांसवाड़ा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए टैक्नो फैस्ट तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये ताकि उनमें तकनीकी शिक्षा को लेकर रुझान बढे और उनका क्षमता संवर्धन हो

संयुक्त राष्ट्र पदक से जिन भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया गया है राजस्थान पुलिस की एएसपी कमल शेखावत भी शामिल हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी ने आज बताया कि ये पुरस्कार दक्षिण सुडान के जबा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में परेड के दौरान मंगलवार को दिये गए भारतीय महिला अधिकारियों को युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान में नागरिकों की रक्षा के संयुक्त राष्ट्र के आदेश के पालन के लिए सम्मानित किया गया है

एक टवीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है

बोर्डर पर टिड़डी नियंत्रण के लिये पेस्टिसाइड का छिडकाव कर इसे नियंत्रण करने के प्रयास किये जा रहे है

रेल राज्य मंत्री सुरेश चेन्नप्पा अंगड़ी ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी

संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे ने दो लाख बॉयो टॉयलेट लगाये हैं और इस साल दो अक्टूबर तक सभी रेलगाड़ियों में बॉयो टॉयलेट लग जाएंगे

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर के सदस्य सचिव अशोक जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली प्रकरण चैक अनादरण मोटर द्र्घटना क्षतिपूर्ति दावा पारिवारिक विवाद तथा राजस्व प्रकरणों सहित अन्य सामान्य प्रकरण रखे जाएंगे श्री जैन ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए क्ल दो लाख साठ हजार प्रकरण चिन्हित किये गए हैं

इन बदमाशों से तीन पिस्तौलें और करीब तीन दर्जन कारतूस बरामद किये गये हैं

्नागौर के खुनखुना की यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है ्नागौर के पास कुम्हारी में आज से हसन शहीद बालापीर का उर्स शुरु हुआ दो दिन के उर्स में आसपास के गांवों के तथा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से बड़ी संख्या में जायरीन भाग लेते हैं

युवा मामले और खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया

इसी तरह राज्यस्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से अजमेर जिले के केकड़ी में शुरु हुई